स्वोस्य्वर सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वामस्य्का कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है

श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्यार निरंतर कम हो रही है

महाकालेश्वर मंदिर आज उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में की गई

पूरी क्षमता से दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश बन्द है गर्भगृह में फिलहाल प्रवेश वर्जित रहेगा

उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को नवीन अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है

कार्यशाला भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में यूनिसेफ के सहयोग से आज लोक स्वास्थ्य एंव तथ्य परख आधारित रिपोर्टिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टींग के महत्व पर जोर देते हुए उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई विश्वविद्यालय के कुलपति के जी सुरेश ने कहा कि पत्रकार साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करें ताकि लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके साथ ही मीडिया जागरुकता से अपनी भूमिका निभाएं कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक डॉ मनीष सिंह और यूनीसेफ की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ वंदना भाटिया ने राज्य में बाल मृत्यु दर कम होने की जानकारी दी कार्यशाला में विश्वविद्यालय के खंडवा रीवा और नोयडा परिसर के पत्रकार ऑनलाइन शामिल हुए

राजीव कपूर स्वर्गीय अभिनेता और फिल्म निर्माता राजकपूर के पुत्र थे

इससे शिक्षा के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिये जल्द ही बिक्री केन्द्र बनाए जाएंगे

अप्रैल महीने के अंत तक यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में देश के पांच संस्थानों को शामिल किया गया है इस सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईआईएम बेंगलुरू कोलकाता अहमदाबाद और इंदौर शामिल हैं